केन्द्र सरकार ने कर दाताओं को आयकर नोटिस सीधे न देने का फैसला किया हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बच्चों को कैशलैस सर्जरी की सुविधा देने के लिए आठ प्रमुख निजी अस्पतालों को पैनल पर लिया वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था और निर्यात के क्षेत्र में साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षो में अरबों डालर का निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ रही है नई दिल्ली में आज व्यापार बोर्ड बैठक को सम्बोधित करते हये श्री गोयल ने कहा कि सरकार निर्यात ऋण के लिए एक योजना बनायेगी उन्होंने कहा कि मंत्रालय औदयोगिक नीति को अंतिम रूप देने का काम कर रहा है मंत्री ने कहा कि बहत से ऐसे उत्पाद है जिन्हे अंतर राष्ट्रीय बाज़ार में पहचाया जा सकता है उन्होंने कहा कि तीन करोड भारतीय विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहते है और वे भारतीय उत्पादों का प्रयोग करना चाहते है

विशेष न्यायाधीश संजय क्मार को प्रवर्तन निदेशालय दवारा सूचित किया गया था आईएनएकस मीडिया धन शोधन मामले मे चिदम्बरम की गिर फ्तारी जरूरी है लेकिन ये उचित समय पर की जायेगी महा न्याय अधिवकता त्षार मेहता ने न्यायालय को बताया कि चिदम्बरम सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले मे पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और सबूतों से छेड़छाड़ करने की स्थिति मे नहीं है चिदम्बरम की ओर से पेश हये वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशलय की दलील दुर्भावपूर्ण है इसका उद्देश्य उन्हें सिर्फ तंग परेशान करना है उन्होंने कहा कि चिदम्बरम जब चाहे आत्म समर्पण करने के लिए तैयार है

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए करनाल शुगरमिल विस्तारीकरण सहित करनाल मेरठ रोड़ के विस्तारीकरण का श्भारंभ किया

बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल में विकास कार्य तेज़ी से किये जा रहे है कई कार्यो की निविदायें हो चुकी है टिकटों पर वितरण पर उन्होंने कहा कि यह संसदीय बोर्ड की जिम्मेदारी है करनाल सेल टैक्स घोटाले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच सर्तकता विभाग को सौंप दी गई है जो भी इस मामले में दोषी पाया गया उसे बक्शा नहीं जायेगा चूनाव पर उन्होंने कहा कि जनता का कितना समर्थन मिल रहा है उससे पता लगता है कि वह जीत का लक्ष्य पूरा कर लेंगा भूपेन्द्र सिंह हड्डा और शैलजा की बात करते हये उन्होंने कहा कि केवल मोहरे बदले है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा

विराट कोहली दवारा लोगो को सतत जीवनयापन के लिए पौष्टिक व् ग्णवता वाला खाना खाने की सलाह दी

अहमदाबाद में पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हये केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगले महीने ये नोटिस पहले जांच के लिए केन्द्रीय प्रणाली के पास जायेगा और उसके बाद ही इस पर अगली कार्रवाई होगी इस तरह से अब आयकर अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी

उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा नियंत्रण मे है जबकि कर आधार और कर संग्रहण सहित विदेशी मुद्रा एवं प्रत्यक्ष निवेश में वृद्वि देखी गई है श्रीप्रसाद ने कहा कि सरकार ने बैकिंग और आवास मे धन अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बैंको का विलय जैसे कई सकारात्मक कदम उठाये है

चंडीगढ़ में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिश्न हरियाणा दवारा बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य दायरे का विस्तार किया गया है इसके अंतर्गत निजी अस्पताल मे बच्चों को निश्ल्क सर्जरी हद्वय रोग जन्मजात फांक होंठ ताल् कल्ब पैर इत्यादि गंभीर बीमारियों का उपचार किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इससे हरियाणा के आर बी एस के गुरूग्राम के आर्टेमिस अस्पताल नारायण हद्वयालय के साथ सांझेदारी और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में जन्म जात दिल की बीमारी की सर्जरी स्माइल ट्रेन कलीनिक और क्यूर कल्ब फ्ट इंटरनैशनल की सहायता से उपचार की स्विधा दी जा रही है आज फिरोजप्र में गोल्डन ऐरो डिवीजन की अग्वाई में सारागढ़ी की लड़ाई की वर्षगांठ मनाने के एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया इस समारोह में पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्वू मुख्य अतिथि और गोल्डन एरो डिवीज़न के जनरल आफिसर कमाडिंग मेजर जनरल अमित ल्म्भा सारागढ़ी ग्रूदवारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर शामिल हए

पंचकूला में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन श्री डीएसढेसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने ने ई चार्जिंग स्टेशन की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी जिस पर सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि सभी हाइवे और हर जिला मुख्यालय पर ई चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बनाई गई है

यह निर्णय भाजपा की पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के रोहतक में हई प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया गया इस बैठक में प्रदेश के वितमंत्री कैप्टन अभिमन्यू राज्यसभा सदस्य जनरल डी वी सिंह वत्स मौजूद थे बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हये कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है कर्मचारियों की मांगो के समाधान के लिए सेवानिवृत आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमीशन का गठन भी किया गया है